हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि किसानों को मरने के लिए उकसाने के लिए कांग्रेसी नेता जिम्मेदार है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि फतेहाबाद और अम्बाला में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित किये जा रहे है

आज पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्रप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी

उन्होंने सदन को विभिन्न ध्यानाकर्षण प्रस्तावों जिन्हें चर्चा के लिए स्वीकार्य या अस्वीकार्य किया गया है के बारे में भी जानकारी दी

प्रश्नकाल समाप्त होने पर विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते ह्ये कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा है उन्होंने कहा कि जब किसानों की बात आती है तो सरकार पर कटाक्ष किये जाते है लेकिन यह वही सरकार है जिसने किसानों के लिए विभिन्न योजनायें शुरू की और उनकी आय में वृदधि के लिए काम किया

राज्य के बजट से नौ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की उन्होंने कहा कि इसी सरकार ने धान की फसल का विविधिकरण करते हये मक्का कपास बाजरा दालों फल व सब्जियों जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना श्रू की उन्होंने किसानों के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं का जिक्र भी किया श्रीमती सीमा त्रिखा द्वारा चर्चा के लिए प्रस्तृत प्रस्ताव का अन्मोदन करते हये विधायक नैना चौटाला ने राज्यपाल के अभिभाषण को सही ठहराया और कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है और हर वर्ग का ख्याल रखा है चर्चा के दौरान अध्यक्ष की कूर्सी की जिम्मेदारी विधायक किरण चौधरी ने निभाई इस दौरान जब कांग्रेस विधायक श्रीमती गीता भुक्कल बोल रही थी तो उनकी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एंव शिक्षा मंत्री कंवर से नौक झोंक हो गई

उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटजला ने प्रश्नकाल के दौरान सदन को यह जानकारी देते हये बताया कि राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह निर्णय लिया है उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा देश ऐसा राज्य होगा जहां राशन कार्ड धारकों को डिपो पर नहीं जाना पड़ेगा डिपो द्वारा उन्हें राशन घर पर ही उपलब्ध करवाया जायेगा म्ख्यमंत्री ने बताया कि फरीदाबाद में यह प्रक्रिया श्रू कर दी गई है राशन डिप्ओं में राशन के वितरण के समय बरती जा रही पारदर्शिता के बारे में उन्होंने बताया कि सात जिलों में राशन तोलने के लिए डिप्ओं में ई तोलन मशीनें लगा दी गई है तथा फरीदाबाद व ग्रूग्राम में भी यह प्रक्रिया जारी है

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि किसानों को मौत के लिए उकसाने के लिए कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं श्री कंवरपाल ने आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलनरत किसानों की मौत पर हमें भी दुःख है किसी की भी मौत द्खदायी होती है लेकिन बॉर्डर पर किसानों की मौत के लिए कांग्रेसी व वे नेता सीधे सीधे जिम्मेदार हैं जिन्होंने ब्जूर्ग किसानों को भी धरने पर बैठने के लिए उकसाया उन्होंने कहा कि देश की जनता भोले भाले किसानों को उकसाने वाले नेताओं को कतई माफ नहीं करेगी किसानों को उकसाने वाले नेताओं को चाहिए था कि ब्जूर्ग किसानों को धरने पर बैठने के लिए उकसाने का बजाय उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस विधायक से सीधे सीधे पूछा कि आप बताएं कि कृषि कानून में क्या काला है उन्होंने कहा कि सदन को ग्मराह करने की कोशिश न करें उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि आप तथ्यों पर आधारित बात करें

यह जानकारी कौशल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूल चंद शर्मा ने विधायक नैना चौटाला के एक प्रशन के उत्तर में दी

एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जहां बच्चे कम है वहां कौशल विकास केन्द्र खोलने पर विचार किया जायेगा

इस योजना के तहत चिन्हित किये गये विकास कार्यो के लिए इस साल के बजट में धनराशि मंजूर की की जा रही है

इस अवसर पर गांव की सरपंच श्रीमती आशा देवी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का श्भारंभ किया